हरियाणा सरकार ने प्रदेश को आवंटित ऑक्सीजन के समान वितरण और निर्बाध आपूर्ति के लिए हरियाणा सिविल सचिवालय में राज्य स्तरीय आक्सीजन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया

हरियाणा सरकार ने हज पर जाने के इच्छ्क हाजियों को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगवाने के निर्देश दिये आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें रेल मंत्रालय राज्य सरकारों की कोविड के ईलाज के लिए रेल डिब्बों में तैयार किये गये अस्थाई अस्पतालों की मांग पूरी करने के लिए तेज़ी से कार्य कर रहा है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कक्ष भारत सरकार दवारा हरियाणा के लिए आवंटित ऑक्सीजन के समान वितरण और राज्य के भीतर चिकित्सा ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति स्निश्चित करने हेत् स्थापित किया गया है नियंत्रण कक्ष को विनिर्माण संयंत्रों से जिलों में ऑक्सीजन टैंकरों की स्रक्षित आवाजाही स्निश्चित करने सहित कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं इनमें यह भी है कि स्वास्थ्य विभाग दवारा जारी किए गए दैनिक आवंटन के बारे में प्रत्येक जिले को सूचित किया जाए इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले को अपनी वितरण योजना जारी करना और एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली संचालित करना शामिल है इसके अलावा सौंपे गए कार्यो में उपायक्तों के आकस्मिक अनुरोधों को प्रा करना ऑक्सीजन निर्माण संयंत्रों का मानचित्रण और औदयोगिक ऑक्सीजन से चिकित्सा उपयोग के लिए उनके स्थान्तरण की निगरानी करना ऑक्सीजन वॉर रूम व्हाट्सएप ग्रंप पर संदेशों की निगरानी और समय पर कार्रवाई शरू करने जैसे कार्य शामिल हैं

हरियाणा सरकार ने तरल ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्रों के मानचित्रण और उनके उत्पादन पर निगरानी रखने के लिए हरियाणा राज्य औदयोगिक अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक अन्राग अग्रवाल और सूक्ष्म लघ् एवं मध्यम उद्यम विभाग के निदेशक विकास ग्र्प्ता को नियुक्त किया है श्री अन्राग अग्रवाल औद्योगिकी सम्पदा के लिए तरल ऑक्सीजन विनिर्माण संयंत्रो के मानचित्रण उनके द्वारा किये गये उत्पादन और तरल ऑक्सीजन को मेडिकल उपयोग हेत् परिवर्तित करने पर निगरानी हेतु जिम्मेदार होंगे जबकि शेष राज्य मे इस कार्य की जिम्मेदारी डॉ विकास ग्प्ता को सौंपी गई है

यमुनानगर जिले में आज श्री हनुमान जयंती पूरी श्रद्वा से मनाई गई हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड महामारी के चलते मंदिरों में बहत कम श्रद्वाल् पहंचे

हरियाणा सरकार ने इस वर्ष के दौरान प्रदेश से हज जाने के इच्छ्क हाजियों को कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा दोनों टीके लगवाने के निर्देश दिए हैं हरियाणा राज्य हज कमेटी के एक प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि साउदी अरब सरकार ने सुचित किया है कि हज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए हज पर जाने से पहले कोरोना वैक्सीन की दोनों ख्राक लेना अनिवार्य है और टीके लगे होने के प्रमाण पत्र के बिना साउदी अरब जाने की इजाजत नहीं होगी उन्होंने बताया कि मुंबई से हज कमेटी इंडिया ने स्पष्ट किया है कि साउदी सरकार ने फिलहाल हज पर ब्लाने का फैसला अभी लेना है हज कमेटी इंडिया व राज्य हज कमेटी साउदी अरब सरकार के फैसले अन्सार आगामी कार्यवाही करेगी अम्बाला शहर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसाक शुभारंभ अम्बाला के विधायक असीम गोयल ने किया

हमारे संवाददाता ने बताया कि मेरा आसमान संस्था व कंपीटैंट फाउडेशन लायन्स कल्ब अम्बाला व रोटरी कल्ब के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में पहंचे रक्तदाताओं की पहले कोविड जांच कीग गई और उसक बाद उन्होंने रक्तदान किया

पत्र सूचना कार्यालय और रीज़नल आउटरीच बयूरो चंडीगढ़ द्वारा आज कोविड उचित व्यवहार पर एक वेबीनार का आयोजन किया गया

उन्होंने अपने सम्बोधन मे अस्पताल और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से पहले दोहरा मास्क् पहनने की जरूरत पर जोर दिया